मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदीय समीक्षा क लिए नामित नोडल अधिकारियों को प्रभावी समीक्षा करने के निर्देश दिये ह उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों द्वारा जनपद की समग्रता के साथ समीक्षा की जाये वह अपनी कार्य पद्धति से जनपदीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत और सकिय करें श्री योगी कल शाम लखनऊ में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनपद के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं और शिकायतों के निस्तारण के संबंध में प्रतिकियायें जरूर प्राप्त करें उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल से एक सप्ताह के भीतर ताजा रिपोर्ट देने को कहा है

न्यायालय ने यह आदेश मूल याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विषारद की याचिका पर दिया है अपनी याचिका में विषारद ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुददे के समाधान के लिए मध्यस्थता का जो आदेश दिया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है

इस कदम से मजदूरों के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की संभावना है कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी प्रस्तावित आचार संहिता क दायरे में कामगारों की संख्या काफी बढ़ जाएगी श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि यह संहिता बंदरगाह और खनन क्षेत्र से जुड़े व्यापारिक संगठनों पर भी लागू होगी भले ही वहां एक ही मजदूर काम कर रहा हा

उन्हांने बताया कि श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार विधेयक के माध्य्म से लाएगी नए नियमों में नियूक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारिश्रमिक पर श्रम संहिता को मंजूरी दी थी जिसमें न्यूनतम दिहाड़ी और समय पर भूगतान करने के प्रावधान किए गये हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की स्वीकृति दे दी है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा बाइट प्रधानमंत्री सडक योजना जो अटल जी के समय शुरू हुई और बेहद लोकप्रिय योजना है उसकी तीसरे फेज का क्योंकि अभी सभी गांव जोडेंगे तो आगे कैसे और उसको करेंगे यह एक निर्णय हुआ और एक बहुत बडी लागत के आधार पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का विस्तार हो रहा है

इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी

ताकि जो बालकों पर अमानवीय अत्याचार होता है ऐसे अत्याचार करने वाले को कडाई से सजा हो और सारा माहौल ऐसा तैयार करे कि इस तरह बच्चों के साथ कोई हरकत न करें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

प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टैक्नोलॉजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं इस अवसर पर श्री वेम्पटी ने कहा कि अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर के साथ प्रसार भारती का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है

यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे पास भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा है और विस्तृत कार्ययोजना है मुझे विश्वास है कि इस समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हुआ और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होगी प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर आपसी सहमति से सहयोग की शर्तों का विस्तार कर सकते हैं प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से जहां किसानों को लाभ हुआ है और कृषि कार्य तेजी पर हैं वहीं कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है पूर्वांचल के कई जनपदों में वर्षा के कारण विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है मौसम विभाग ने शनिवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी और पश्चिम में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है पूर्वांचल में कुशीनगर में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है एक रिपोर्ट जिले में कल रात से लगातार हो रही भारी वर्षा से जहां घरों में पानी घुस गया है वहीं नगरों और कस्बों में जल भराव से आवागमन प्रभावित हो गया हे उधर भारी वर्षा के कारण जिले से होकर बहने वाली ब्रढी गंडक नदी ऊफान पर है और कई जगहों पर नदी का पानी चेतावनी बिन्दु के नजदीक पहुंच गया है विवेक पांडेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर बलिया से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि पांच दिनों से लगातार हो रहो वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है बाइट जिले की गंगा घाघरा और टौंस नदियों का जलस्तर में वृद्धि होने से तटवर्ती लोगों में चिंता बढ़ने लगी है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई घरों में बारिश का पानी घुस जाने से उनके सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गयी है विनय कुमार आकाशवाणी समाचार बलिया पीलीभीत जनपद में वर्षा से जहां फसलों को लाभ हुआ है वहीं जगह जगह जल भराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लोगों को उच्चस्तरीय सूचनाएं और जानकारियां उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में कार्यशाला का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाना बहुत बड़ा कार्य है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जनता के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है इस अवसर पर प्रदेश में भी विविध कार्यकम आयोजित किये गये पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया